आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहने दो गज की दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें केंद्रीय कैबिनेट केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि करीब करीब सभी क्षेत्रों में सतत मांग का विकास नजर आ रहा है

वन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने ऑनलाइन ब्र्किंग के लिए एप विकसित करने के निर्देश दिये उन्होंने वन विभाग को राजस्व वृद्धि पर विशेष ध्यान देने को कहा साथ ही औषधीय आधारित ग्रोथ सेंटर विकसित करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिये बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने बताया कि कार्बेट टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत ढेला रेस्क्यू सेन्टर और पाखरो टाइगर सफारी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है गर्जिया टूरिज्म जोन की भी स्थापना की जा रही है

आयुष विभाग की समीक्षा के दौरान म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान आय्ष और होम्योपेथी की ओर लोगों का रूझान बढ़ा है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिकांश जगह पर लोगों को आय्ष होम्योपैथी और ऐलोपैथिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाए उन्होंने चरक डांडा में अन्तरराष्ट्रीय शोध संस्थान के लिए जल्द डीपीआर बनाने के निर्देश भी दिये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य में जिन नगरों में विकास प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं वहां प्राधिकरण समाप्त कर दिए जाएं मुख्यमंत्री को दिये ज्ञापन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये प्राधिकरण अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता की एक बड़ी शिकायत यह थी कि राज्य में विभिन्न नगरों में जो विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं वे अपेक्षाओं को प्रा नहीं कर पा रहे हैं उनका इन स्थानों के विकास में भी कोई ख़ास योगदान नहीं हैं उन्होंने म्ख्यमंत्री से इन प्राधिकरणों को समाप्त करने और उनके स्थान पर जनहित में जन कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित करने का अन्रोध किया है

राज्यपाल ने जिलाधिकारी को नैनीताल और क्माऊं मण्डल के अन्य जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए नैनीताल बाजार अन्य महत्वपूर्ण बाजारों और पर्यटक स्थलों पर स्थान उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए राज्यपाल ने नैनीताल में पर्यटक स्थलों पर मार्गों के निर्माण और पार्किंग की स्थिति को गम्भीरता से लिया

उन्होंने प्राइवेट पार्किंग को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये मुख्य सचिव मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अधिकारियों को केदारनाथ और बद्रीनाथ प्नर्निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रा करने के निर्देश दिये हैं बद्रीनाथ केदारनाथ प्नर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ में रोड शिफ्टिंग के कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग और बीआरओ दवारा संय्क्त सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इसकी फीजिबिलिटी टेस्ट और हिमस्खलन सम्भावित क्षेत्र में रोड की सुरक्षा समाधान के लिए तकनीकी सलाह ली जाए

अब अल्मोड़ा में महाप्रबंधक के स्थान पर डी जी एम जिला स्तर पर कार्य देखेंगे आज एक प्रेस वार्ता में अल्मोड़ा दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक ए के ग्र्प्ता यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड दवारा खर्चों में कटौती और स्वैचिछक सेवानिवृत्ति के बाद प्रशासनिक लेखा कार्यों को स्गम बनाने के उद्देश्य से कई एस एस ए एरिया का विलय किया है अब समस्त लेखा योजना सम्बन्धी कार्य नैनीताल जिले के हल्दवानी से निस्तारित किये जाएंगे उन्होंने बताया कि विलय के बाद संसाधनों और सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा महाप्रबंधक ने बताया कि अल्मोड़ा दूरसंचार ने राजस्व सहभागिता के आधार पर एफ टी एच और रेडियो ब्रांडबैंड की सेवा श्रू कर दी है

अन्य क्षेत्रों में भी सेवा विस्तार के प्रयास चल रहे हैं तंगनाथ कपाट बंद तृतीय केदार श्री तृंगनाथ मंदिर के कपाट आज पूर्वाहन शीतकाल के लिए बंद कर दिये गए

इस बीच श्री बदरीनाथ धाम की निकटवर्ती पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है केदारनाथ में भी बर्फ से मौसम काफी सर्द हो गया है इसके बावजूद चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से चल रही है गंगा उत्सव रैली उत्तरकाशी में आज मुख्य विकास अधिकारी पीसी डंडरियाल ने गंगा उत्सव जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर नगर क्षेत्र की ओर रवाना किया इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि गंगा की निर्मलता अविरलता को बनाये रखने में हम सभी लोगों का बहमूल्य योगदान होना चाहिए